बुधवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नामांकन जांच मध्यप्रदेश और भिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्रों की जांच कल की जायेगी वहीं ब्र्धवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

दूसरी ओर राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जायेगी

गुना जिले में भी अधिक मतदान के उद्वेश्य को लेकर शहरी एवं ग्रामीण अंचलों मतदाताओं को जागरूक करने की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है इसी क्रम में मतदान के लिये मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये गुना शहर के आटो चालकों द्वारा रैली निकाली गई रैली को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दत्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आटो रैली अंबेडकर चौराहा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गो से गुजरती हुई अंबेडकर चौराहे पर समाप्त हुई वहीं छिंदवाड़ा नगर में मतदाताओं को अधिक मतदान के लिये जागरूक करने के उद्वेश्य से प्रचार रथ चलाया जा रहा है इसके अलावा नुक्कड़ सभा वार्तालाप चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है महिला मतदाताओं को प्रेरणा देने के लिये रंगोली भी बनाई जा रही है

इसके लिये भजन मंडली के कलाकार मालवी लोकशैली के गीतों कबीर के भजनों के साथ ही मतदाता जागृति से जुड़े गीतों को गाकर गांवों में जनजागरण कर रहे हैं इसी क्रम में कल आगर विधानसभा क्षैत्र के ग्राम तनोड़िया स्थित गायत्री उद्यान परिसर में मतदाता जागरूकता के लिये बनाये गये इलेक्शन पार्क में भजन मंडलियों ने भजनों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके मत के महत्व तथा अधिकार के बारे में विस्तार से समझाया इस दौरान ग्रामीण मतदाताओं को मतदान करने प्रक्रिया ईव्हीएम और वीवीपैट के बारे में बताया गया उधर सुसनेर विधानसभा क्षैत्र के ग्राम लक्ष्मीपुरा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये केंडल मार्च रैली निकालकर ग्रामीणों को मतदान के लिये प्रेरित किया गया रैली के समापन पर सभी से मतदान करने की अपील भी की गई मतदान सुरक्षा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं मतदान सामग्री मतदान केन्द्र और मतदान कार्य से जुड़े कर्मचारियों के लिये राज्य के हर एक जिले में सुरक्षा की विशेष योजना बनाई गई है सुरक्षा के लिये कई जगह केन्द्रीय सुरक्षा बलों का भी सहयोग लिया जायेगा अधिक जानकारी दे रहे हैं

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व शान्ति सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि युद्ध से होने वाले विनाश पर स्थाई विराम लगना चाहिये

इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिभिर पुतिन भी शामिल हैं भारत का प्रतिनिधित्व उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडु कर रहे हैं

भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने आज झाबुआ में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुये प्रधानमंत्री श्री मोदी का झाबुआ में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है श्री झा आज से झाबुआ जिले के दौरे पर है वह झाबुआ और आलिराजपुर जिलों का भ्रमण कर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैंठके लेगें

मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है

इन सीटो पर सुरक्षा कारणों से मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और और तीन बजे समाप्त हो जायेगा इस चरण की शेष आठ सीटो पर मतदान सुबह आठ बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा हाल में हुई घटनाओं के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान को शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए व्यापक बन्दोबस्त किए गए है केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की लगभग साढ़े छह सौ कम्पनियों की तैनाती की गई है इसके अलावा वायु सेना के कई हेलीकाप्टर भी तैनात किए गए है दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल हो रहा है पिछले चुनाव में नक्सलियों के हेलीकाप्टर पर हमला करने की घटना के मद्देनजर पायलटों को इस बार विशेष हिदायते जारी की गई है

जिसमें बल का एक जवान शहीद हो गया बीजापुर जिले में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक नक्सली को मार गिराया गया साथ ही हथियार बरामद किये गये सुकमा जिले में जिला रिजर्व पुलिस बल ने गस्त के दौरान बारूदी सुरंग बरामद की छठ पूजा मध्यप्रदेश और बिहार सहित देश में आज से चार दिन का सूर्य षष्टि यानी छठ पूजा का आयोजन शुरू हो गया है छठ में मूल रूप से सूर्य की उपासना की जाती है यह पर्व झारखंड उत्तरप्रदेश ओडिसा और दिल्ली के अलावा कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है छठ महापर्व के पहले दिन व्रत रखने वाले नदियों और सरोवरों में स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं

अगले दिन उदीयमान सूर्य को जल अर्पण करने के साथ ही यह पर्व सम्पन्न हो जाएगा

आगरमालवा जिले में भी निर्वाचन कार्यालय ने इससे संबंधित तैयारियां पूरी कर ली हैं

स्पर्धा का मुख्य उद्वेश्य दिव्यांग युवाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से उनका कौशल विकास करना और सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों के प्रति उन्हें जागरुक बनाना था केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्पर्धा के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए स्पर्धा में शामिल देशों से कहा कि वह दिव्यांग युवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने का हर संभव प्रयास करें ताकि वे एक सम्मानित जीवन जी सकें

चुनाव तैयारियां राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियां जोरों से चल रही हैं मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर चार निर्वाचक सुविधा पोस्टर लगाये जायेंगे इन पोस्टरों में मतदाता केन्द्रित जानकारियां प्रदर्शित की जायेगी इनमें मतदान केन्द्र में शामिल क्षेत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों के फोन नम्बर और कई अन्य उपयोगी जानकारियां दर्शाई जायेंगी वहीं निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में पोस्टर बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री में प्लास्टिक शीट का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिये हैं

इस दिन गांधी जी ने पाकिस्तान से आये हरियाणा के कुरूक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था लोक प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में कल एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा टुवेटी टवेंटी महिला क्रिकेट में भारत आज आईसीसी विश्व कप ट्वेंटी ट्वेंटी के अपने दूसरे ग्रूप मैच में पाकिस्तान से खेलेगा मैच भारतीय समय अनुसार रात साढ़े आठ बजे गयाना में शुरू होगा